प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश के तेज विकास के लिए वैज्ञानिकों से चार कदम उठाने को कहा है ये हैं नवाचार पेटेंट उत्पादन और समृद्धि उन्होंने भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के परिद्रश्य को बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि भारत के विकास की कहानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उसकी सफलता पर निर्भर करती है बाइट न्यू इंडिया को टेक्नोलॉजी भी चाहिए और लॉजिकल टेम्प्रामेंट भी ताकि हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन के विकास को हम नई दिशा दे सकें मेरा यह हमेशा से मत रहा है कि भारत के समाज को जोड़ने का काम अवसरों की समानता लाने में साइंस और टेक्नोलॉजी की बड़ी भूमिका है प्रधानमंत्री आज बेंगलुरू के कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन कर रहे थे प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को सतत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन तथा ऊर्जा भंडारण विकल्पों के लिए दीर्घावधि दिशा निर्देश बनाने चाहिए श्री मोदी ने कहा कि जितनी जल्दी संभव हो हर प्रकार के कचरे को संपन्नता में बदलने के प्रयास किए जाने चाहिए उन्होंने कहा कि देश ने पर्यावरण जल और मृदा संरक्षण के लिए सिगंल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करने का फैसला किया है प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजो ई कॉमर्स इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं ग्रामीणों के लिए मददगार साबित हो रही हैं उन्होंने कहा कि किसानों को अनेक ई गवर्नेंस सुविधाओं के जरिए मौसम की जानकारी मिल रही है उन्होंने कहा कि अब किसान मध्यस्थ के बिना सीधे मंडी में अपने उत्पाद बेच सकते हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान और आयूष्मान भारत जैसी द्निया की सबसे बड़ी योजनाओं की अगर सराहना की जा रही है तो उसका श्रेय प्रौद्योगिकी और सुशासन के प्रति हमारे समर्पण को जाता है बाइट टेक्नोलॉजी सरकार और सामान्य मानवी के बीच का ब्रिज है टेक्नोलॉजी तेज विकास और सही विकास में संतुलन का काम करती है टेक्नोलॉजी का अपना पक्ष नहीं होता यही कारण है कि जब ह्यूमन सेंसिटिविटी और मॉर्डन टेक्नोलॉजी का कॉर्डिनेशन बढ़ता है तो अनप्रिसिडेंटेड रिजल्ट मिलते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला प्रशासन को गरीबों और निराश्रितों के लिए संचालित रैन बसेरों की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिये हैं मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को जरूरतमंदों को कंबल और अलाव की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी रात्रि में भ्रमण कर रैन बसेरों का निरीक्षण करें और वहां सभी आवश्यक सुविधाएं उपलबध कराएं इस बीच प्रदेश सरकार ने जरूरतमंदों को पांच लाख से अधिक कंबल वितरित किये हैं सभी जनपदों में रैन बसेरे स्थापित किए गए हैं जिनकी संख्या ढ़ाई हजार से अधिक है मुख्यमंत्री ने सामाजिक संगठनों से भी जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने का आहवान किया है भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के समर्थन में रविवार से दस दिन का जनसंपर्क अभियान चलाएगी आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पार्टी महासचिव डॉक्टर अनिल जैन ने कहा कि भाजपा अध्यक्ष और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली के अभियान में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि कार्यकारी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्ढ़ा गाजियाबाद से अभियान की शुरूआत करेंगे श्री राजनाथ सिंह लखनऊ में और नितिन गडकरी नागपुर में अभियान में शामिल होंगे श्री जैन ने कहा कि पार्टी के सभी बड़े नेता और केन्द्रीय मंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में चलाए जा रहे इस अभियान में शामिल होंगे बाइट पांच जन जागरण अभियान के तहत पहली समिति है जन संपर्क अभियान जिसमें तीन करोड़ परिवारों को हमने संपर्क करना है

तीसरा है विशेष श्रेणी संपर्क सामाजिक संपर्क श्रेणी

इस नम्बर पर लोग मिस्ड कॉल देकर इस कानून का समर्थन कर सकते हैं श्री अनिल जैन ने लोगों से इस अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर भी समर्थन देने का अनुरोध किया है उन्होंने कहा कि पार्टी नेता इस कानून के लिए जनसभाएं और संवाददाता सम्मेलन आयाजित करके विपक्ष के दुष्प्रचार का जवाब देंगे प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नागरिकता संशोधन क़ानून सीएए पर विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना करते हुए उनके विरोध को गलत ठहराया है उन्होंने विपक्ष पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया श्री खन्ना आज वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदोय कार्यालय में जन सुनवाई कर रहे थे उन्होंने कहा कि नागरिकता कानून में भारतीय नागरिकों के खिलाफ कुछ भी नहीं है विपक्षो दलों के पास समझदारी का अभाव है इसलिए उसकी गलत तरीके से व्याख्या कर रहे हैं और जनता में अफवाह फैला रहे हैं

उन्होंने कहा कि राज्य में क़ानून व्यवस्था कांग्रेस शासित राज्यों से बहुत बेहतर है श्री खन्ना ने कहा कि वाराणसी की जनता विकास कार्यो से पूर्णतः संतुष्ट है

ओला वृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हुआ है प्रशासन से वर्षा और ओलावृष्टि से हुई क्षति का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है ब्यौरा हमारे संवाददता से डिस्पैच ओलावष्टि से गेहूं चना और सरसों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को फसलों तथा जनधन को हुई हानि का आकलन करने का निर्देश दिया है उन्होंने अधिकारियों को पीड़ितों को तत्काल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस मामले में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे राहत पहुंचाने का कार्य तेजी से करें

मौसम विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई स्थानों पर गरज चमक के साथ वर्षा की संभावना जताई है एमएस यादव आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेश के कई भागों मे आज भी वर्षा का कम जारी है कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार यह वर्षा फसलों के लिए लाभदायक बताई जा रही है मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक राज्य के विभिन्न भागों में कोहरा पड़ने की संभावना जतायी है प्रदेश सरकार ने पिछले महीने नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में शामिल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग के बारे में रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी है

उन्होंने कहा कि पुलिस क पास लखनऊ और अन्य जिलों में विरोध प्रदर्शनों के दौरान हाल ही में हुई हिंसा में पीएफआई के शामिल होने के पर्याप्त सबूत हैं बाइट पीएफआई जो है वो सक्रिय रूप से इसमें इनवॉल्व रहा है

हमारे पास एम्पुल प्रूफ्स हैं डॉक्योमेंटेशन हैं इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स हैं हमारे पास डेटा एक्सट्रैक्शंस के जितने भी वो है उन सबों से हमें ये प्रतीत होता है कि उनका इनवॉल्वमेंट रहा है पुलिस महानिदेशक ने कहा कि पुलिस रिहाई मंच सहित अन्य गुटों की भी भूमिका की जांच कर रही है जो हिंसा में शामिल थे

यह मौजूदा सभी हेल्पलाइन सेवाओं का स्थान ले लेगी और बारह भाषाओं में उपलब्ध होगी इस नम्बर पर केवल स्मार्ट फोन से ही नहीं बल्कि किसी भी मोबाइल फोन से सम्पर्क किया जा सकता है